बांसवाड़ा डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में जबरदस्त पानी गिरने से कई रास्ते अवरुद्व हो गये हैं

प्रतापगढ़ के पीपलखूंट और अरनोद में भी जबरदस्त पानी गिरा है

बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं झालावाड़ में भी बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश के मोहनपुरा बांध से पांच हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण परवन नदी उफान पर है इससे बारां झालावाड़ मार्ग अवरुद्व हो गया है उधर कोटा बैराज से चम्बल नदी में आ रहे पानी को देखते हुए करौली जिले के मंडरायल उपखण्ड में नदी किनारे सटे गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है आज शाम पांच बजे तक पानी का बहाव तेज होने की संभावना है

उधर उदयपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार तीसरे हफ्ते शनिवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है इस दौरान इमरजेंसी गतिविधियों को छोड़कर बाजार बंद हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में धन और समय की बचत होगी साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओँ को भी आसानी होगी श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक एजेंसियों और संगठनों के साथ साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसी व्यवस्था की जा सकती है उन्होंने बताया कि अधिकतर मुख्यमंत्री इस सुधार के पक्ष में हैं और लागू करने के लिए उत्सुक हैं